अनिल कुमार खाची बने प्रदेश के नए मुख्य सचिव अधिसूचना जारी

मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में हिमपात व वर्षा की जताई संभावना

देश के विभिन्न राज्यों से पर्यटक नया साल मनाने प्रदेश में पहुंचे हैं पर्यटन विकास निगम सहित निजी होटलों में सैलानियों की आवभगत और मनोरंजन के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं राजधानी शिमला के अधिकतर होटल बुक हैं और बड़ी संख्या में सैलानी नया साल मनाने पहुंचे हैं सैलानियों के लिए हिमाचली व्यंजन परोसने के भी इंतजाम किए गए हैं दूसरी ओर नववर्ष के दौरान असामाजिक तत्वों की निगरानी के लिए पुलिस प्रशासन ने भी कमर कस ली है

पर्यटन नगरी मनाली डलहौजी खजियार और धर्मशाला सहित अन्य पर्यटन स्थलों पर भी नववर्ष के स्वागत के लिए सैलानी पहुंचे हैं बधाई राज्यपाल बंडारू द त्ताात्रेय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और मंत्रिमण्डल सदस्यों ने लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं राज्यपाल ने सभी लोगों से सामाजिक बुराईयां समाप्त करने और कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए सहयोग देने की जरूरत पर बल दिया अपने बधाई संदेश में मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि नववर्ष में प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित करेगा केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने उम्मीद जताई कि नए वर्ष का हर दिन प्रदेश के लिए सफलता खुशियां और समृद्धि लेकर आएगा पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल स त्ती और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भी लोगों को बधाई दी है मुख्य सचिव राज्य सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनिल कुमार खाची को प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है इस संबंध में आज अधिसूचना जारी कर दी गई अनिल कुमार खाची श्रीकांत बाल्दी का स्थान लेंगे जो आज सेवानिवृत हो गए

अनिल कुमार खाची शिमला ज़िले के कुमारसैन के रहने वाले हैं

इससे पहले यह सीमा आज समाप्त हो रही थी यह आठवां अवसर है जब केन् द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने व्यक्तियों के लिए पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तारीख बढ़ाई है पिछले वर्ष सितम्बर में उच्चतम न्यायालय ने केन् द्र सरकार के प्रमुख कार्य क्रम आधार को संवैधानिक दृष्टि से वैध बताया था और व्यवस्था दी थी कि आयकर विवरणी दाखिल करने और पैन के आवंटन के लिए बायोमीट्रि क पहचान अनिवार्य होगी वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व मत्स्य पालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश में मछली पालकों का संगठन बनाकर उनका क्षमता निर्माण किया जाएगा ऊ ना जिले के गगरेट में आज उन्होंने कहा कि मछली पालकों के संगठन को परामर्श देने के लिए केन्द्र सरकार ने परामर्श दाता कम्पनी को एम्पैनल किया है इस प्रक्रिया से मछली पालक अपने उत्पाद की मार्केटिंग करने में सक्षम हो सकेंगे

इससे पहले उन्होंने गगरेट में अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न विकास व निर्माण कार्यो में तेजी लाने के निर्देश दिए

उधर किन्नौर जिले के रेताखान क्षेत्र में एक वाहन के खाई में गिरने से दो लोगों की मृत्यु हो गई जबकि तीन अन्य के घायल होने का समाचार है रामस्वरूप सांसद रामस्वरूप शर्मा ने मण्डी जिले के जोगिन्द्रनगर में आज जनसमस्याएं सुनीं और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया उन्होंने कहा कि राज्य में निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि निवेश बढ़ने से जहां युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे वहीं सरकार के राजस्व को भी बल मिलेगा हिमकेयर प्रदेश में हिमकेयर योजना के तहत कल पहली जनवरी से पंजीकरण दोबारा शुरू किया जाएगा

बयान वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के बहाने कांग्रेस व विपक्षी दलों का राष्ट्र विरोधी चरित्र बेनकाब हुआ है उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रहे दुष्प्रचार के खिलाफ भाजपा ने देश में जनजागरण अभियान चलाया है और लोगों को इस कानून की सही जानकारी दी जा रही है इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने इस अधिनियम के विरोध को अनुचित करार दिया है उन्होंने कहा कि ये अधिनियम किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं बल्कि तीन पड़ोसी मुस्लिम देशों से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए है इधर किन्नौर जिला भाजपा ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में रिकांगपिओ में जनजागरण रैली का आयोजन किया वन निगम के उपाध्यक्ष सूरत सिंह नेगी ने बताया कि पार्टी घर घर जाकर लोगों को अधिनियम के संबंध में जागरूक करेगी

वे आज सिरमौर जिले के चाड़ना और बियोंग में नए स्वास्थ्य केन्द्रों के शुभारम्भ अवसर पर बोल रहे थे

विपिन परमार ने कहा कि राज्य सरकार की हिमकेयर योजना से पिछले एक वर्ष में एक लाख लोगों को करीब सौ करोड़ रूपए की मु फत ईलाज सुविधा दी गई है

बैठक प्रदेश सामान्य उद्योग निगम और राज्य उद्योग विकास निगम लिमिटेड के निदेशक मंडलों की आज चंडीगढ़ में बैठक हुई उद्योग मंत्री बिकम सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में दोनों निगमों के नियमित कर्मचारियों और पैंशनरों को महंगाई भत्ता जारी किया गया अभियान प्रदेश दुग्ध प्रसंग ने नशा छोड़ो दूध पियो और स्वस्थ जियो अभियान के तहत आज शिमला और मण्डी में दुग्ध वि क्र य स्टॉल लगाए इनके माध्यम से आधे मूल्य पर दूध का वि क्र य किया गया शिमला में उपायुक्त अमित कश्यप जबकि मण्डी में उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने दुग्ध वि क्र य स्टॉल का शुभारम्भ किया उन्होंने युवाओं से नशा छोड़कर स्वस्थ जीवन जीने की अपील की मौसम प्रदेश में अगले कुछ दिनों में मौसम का मिजाज़ बदल सकता है

मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि इस दौरान क्छ क्षेत्रों में वर्षा व बर्फबारी के आसार हैं इस बीच राज्य के अन्य भागों में शीतलहर जारी जारी है खासतौर पर जनजातीय इलाकों में लोगों को ज़बरदस्त ठंड का सामना करना पड़ रहा है लाहौल घाटी में भीषण ठंड से लोगों की मुश्किलें बरकरार हैं